नागरिकता कानून नागरिकता संशोधन कानून के मुददे पर केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए कल भोपाल में मीडिया से बात करते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा कि सभी राज्य इस कानून को लागू करने के लिए बाध्य है उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए इसे प्रदेश में भी लागू करने का आग्रह किया वहीं केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों का राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया जायेगा

उन्होंने केन्द्र सरकार से इस कार्य में वांछित सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की बैठक में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल मुख्यमंत्री कमल नाथ और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी शामिल हुए

इस व्यवस्था के षुरु होने से नागरिक एक कार्ड के माध्यम से बीआरटीएस सिटी बस सूत्र बस और मेट्रो ई रिक्शा जैसी सभी परिवहन सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे ये निर्णय कल कलेक्टर लोकेष कुमार जाटव की अध्यक्षता में आयोजित ट्रैफिक कैबिनेट की बैठक में लिया गया बैठक में शहर की सड़कों और फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के लिए भी योजना बनाई गई कैबिनेट ने स्कूली बच्चों के लिए विषेष बस स्टॉप बनाए जाने पर सहमति दे दी है प्रतिक्रिया नागरिकता संशोधन कानून का निवाड़ी जिले के लोग भी स्वागत कर रहे हैं सीएए को लेकर जिले के आम लोगों से बात की हमारे संवाददाता विवेक दांगी ने

तो आईये आज जानते हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फैली एक और भ्रान्ति और उसकी असलियत के बारे में नागरिकता संशोधन कानून का यह मतलब निकाला जा रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमानों को कभी भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती जबकि हकीकत यह है कि इन तीनों और अन्य सभी देशों के मुसलमान हमेशा भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि वो इसके पात्र हैं नागरिक संशोधन कानून ने किसी भी देश के किसी भी विदेशी को भारत की नागरिकता लेने से नहीं रोका है

रतलाम रायसेन दतिया धार टीकमगढ़ श्योपुर खजुराहो ग्वालियर सिवनी जबलपुर सागर उमरिया जिले शीतलहर की चपेट में आ गए हैं कल भोपाल ग्वालियर जबलपुर और इंदौर में तीव्र शीतल दिन रहा

वहीं ग्वालियर दतिया और श्यौप्रकला में तीन डिग्री तापमान रहा

साथ ही इस सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा

साथ ही सागर रीवा शहडोल ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में पाला पड़ने की आशंका जताई है

इसका शुभारंभ नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेन्द्रसिंह बघेल करेंगे इस महोत्सव में सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ साहसिक खेलों का आयोजन भी किया जाएगा